मीजल्स खसरा और रूबेला से बच्चों को बचाने के लिए प्रदेश में कल से चलाया जायेगा विशेष टीकाकरण अभियान

उन्होंने काशी को विकसित करने में लोगों से अपना सक्रिय योगदान देने का आहवान किया देव दीपावली कार्यक्रम के मैके पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी के सभी घाटों को जोड़ने और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विकास कार्य को पावन पथ योजना के तहत विकसित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवानमंत्री के क्शल नेतृत्व में वाराणसी और अयोध्या सहित प्रदेश के कई जनपदों में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओपी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह उपलब्ध रहेगा हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं

यह कृषि उत्पादों के एकीकृत राष्ट्रीय विपणन के लिए एक अखिल भारतीय कृषि उत्पाद ट्रेडिंग पोर्टल है मन की बात के बयालिसवें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कृषि सुधारों पर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि किसानों को गांव की स्थानीय मंडियों में ही उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके

आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने कहा कि देश की सभी मंडियों को जोड़कर किसानों को उनकी उपज का उवित मूल्य दिलाने के लिए पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है ताकि किसानों की उपज का उवित मूल्य मिल सके भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश एक बड़े धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में उभरा है

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्व ब्न्देलखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया लेकिन योगी सरकार ने बुन्देलखण्ड की अनमोल सांस्कृतिक विरासत को नयी पहचान देने का प्रयास शुरू किया है यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने गढ़मुक्तेश्वर के पौराणिक गंगा मेले में शिरकत की उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में देव दीपावली मनाने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मात वंदना योजना के तहत प्रत्यक्ष लाम अंतरण योजना के जरिए अब तक अद्ठावन लाख माताओं को एक हजार छह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं जनवरी दो हजार सत्रह से लागू इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले बच्चे के लिए तीन किस्तों में पांच हजार रुपये का नकद लाम दिया जाता है इलाहाबाद और फैजाबाद जिलों का नाम परिवर्तित करने के बाद अब उनके मंडल भी प्रयागराज और अयोव्या लिखे और कहें जायेंगे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसुवना जारी कर दी गयी है सरकारी दस्तावेजों में अब इनका यही नाम दर्ज किया जायेगा भारतीय मैसम विज्ञान किमाग ने नदियों और जलाशयों में वर्षा के कारण जल बढ़ोत्तरी के स्तर का आकलन करने की नई तकनीक विकसित की है इससे नदियों और जलाशयों में आने वाली बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा जिससे राज्य सरकारें वर्षा के प्रभाव पर निगरानी रख सकेंगी और सही समय पर निर्णय कर सकेंगी मौसम विभाग के महानिदेशक केजी रमेश ने कहा कि विभाग इस तकनीक का इस्तेमाल हाल ही में केरल में आई बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए करने की स्थिति में है प्रदेश में बच्चों को मीजल्स खसरा और रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से मुक्त कराने के लिए कल से विशेष अमियान चलाकर आठ करोड़ बच्चों को टीके लगाये जायेगें पाँच सप्ताह तक चलने वाले इस अमियान के तहत नौ माह से पन्द्रह वर्ष तक के हर बच्चे को टीका लगाया जायेगा अभियान के तहत लगने वाला यह टीका नियमित टीकाकरण का हिस्सा है यूनीसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विमाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में कल मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान पर राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि रूबेला एक संक्रमक रोग है जो व्यापक रूप से बच्चों एवं व्यस्को में देखा गया है रूबेला का संक्रमण यदि गर्मावस्था में गर्मस्थ शिशु को हो जाता है तो बच्चे के विकास में बाघा पहंवती है इससे गर्मपात जन्मजात विकलांगता मृत्यू प्रसव और मानसिक विकास रूक जाता है उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान में अध्यापक आंगनबाड़ी कार्यकत्री आशा एएनएम और सामाजिक संगठनों के अलावा ग्राम प्रधानों से भी सहयोग लिया जायेगा अयोध्या में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रस्तावित धर्म समा के आयोजन के मददेनजर शान्ति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किर्य गये हैं

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एटीएस के कमाण्डों और निगरानी के लिए ड्रोन व सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं रेल एवं संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कल गाजीपुर में शिक्षकों के बीच जन संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है उन्होंने शिक्षकों से बच्चों में नैतिक गुणों का विकास कर के उन्हे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की अपील की जन संवाद कार्यक्रम में जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों ने भाग लिया श्री सिन्हा ने कहा कि जिले में कौशल विकास केन्द्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर के उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दस दिवसीय लखनऊ महोत्सव शुरू हो रहा है अटल संस्कृति अटल विरासत थीम पर आघारित इस महोत्सव का उदघाटन योगी आदित्यनाथ आज शाम करेंगे महोत्सव का समापन पाँच दिसम्बर को राज्यपाल राम नाईक द्वारा किया जायेगा महोत्सव की तैयारी के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि महोत्सव में अटल जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी लगायी जायेगी इसके साथ ही अटल दीर्घा में फोटो गैलरी लाइब्रेरी अडियो वीडियो शो और क्वीज आदि के भी आयोजन किये जायेंगे केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत देवरिया जनपद में लामार्थियों को एक लाख तीन हजार हेल्थ कार्ड जारी किये गये हैं

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक उन्नयासी मरीज इस योजना से लामान्यित हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को पाँच लाख रूपये तक की मुफ्त इलाज की सुक्या दी जाती है